मुम्बई में राज्य सरकार के नये भवन मध्यालोक का लोकार्पण इस अवसर पर हुई मुख्यमंत्री के साथ उद्योगपतियों की बैठक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर प्रदेश में ढ़ाई करोड़ से अधिक बच्चों को कृमिनाशक गोली खिलाई गई

भारत रल आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय नानाजी देशमुख और असम के प्रख्यात गायक स्वर्गीय भूपेन्द्र हजारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये सम्मान प्रदान किये राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में आयोजित एक समारोह में स्वर्गीय नानाजी देशमुख की ओर से यह पुरस्कार उनके करीबी रिश्तेदार विकमजीत सिंह ने और भूपेन्द्र हजारिका का पुरस्कार उनके पुत्र तेज हजारिका ने ग्रहण किया

इस अवसर पर उप राष्ट्रपति वैकैया नायडू और प्रधानमंत्री सहित कई जानीमानी हस्तियां मौजूद थी मध्यलोक लोकार्पण मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज मुंबई के वाशी क्षेत्र में मध्यप्रदेश सरकार के नवनिर्मित भवन मध्यालोक का लोकार्पण किया इस अवसर पर मध्यप्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल सहित अनेक विशिष्टजन भी उपस्थित थे इसके बाद मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई निवेश नीति से उद्योगपतियों को अवगत कराया उन्होंने उद्योगपति मिलिंद देवड़ा सहित अनेक उद्योगपतियों से मध्यप्रदेश में निवेश को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की इस दौरान श्री देवड़ा ने कहा कि वे मध्यप्रदेश में युवाओं के लिये रोजगार बढ़ाने संबंधी प्रयास में हर संभव सहयोग करेंगे

यह मुद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरंत सुनवाई कर सूचीबद्ध करने के लिये रखा गया था लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी

आज आगरमालवा रायसेन बड़वानी उमरिया सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी बच्चों को कृमि नाशक एल्बेण्डाजोल की गोलियां खिलाई गई जो बच्चे दवाई नहीं ले सके हैं

पीएम संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात आठ बजे आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करेंगे

इस अवसर पर छिंदवाड़ा और झाबुआ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों ही कार्यक्रमों में शामिल होंगे इस मौके पर आदिवासी कल्याण के लिये प्रदेश में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी खंडवा जिले में भी विशेष आयोजन किया जाएगा

जनजातीय उत्पाद जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि उनका मंत्रालय जनजातीय उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के उपायों पर विशेष ध्यान दे रहा है आज नई दिल्ली में जनजातीय उद्यमों के लिए आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस काम में बाजार की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जायेगा श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय समुदाय को मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना उनके मंत्रालय की जिम्मेदारी है इस काम के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर विशेष जोर दिया जा रहा है मौसम बारिश राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज और कहीं कहीं रिमझिम बारिश का दौर जारी है